यह पुरस्कार मध्यप्रदेश को भोपाल के स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में पब्लिक बाइक शेयरिंग बी नेस्ट इंक्यूबेशन सेंटर और जबलपुर स्मार्ट सिटी के एनडीएमसी के स्मार्ट क्लॉस रूम और वेस्ट टू एनर्जी प्लांट के लिये प्रदान किये गये

जूडा मध्यप्रदेश में जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन जूडा की मांगों के समर्थन में आते हुए आज मध्यप्रदेश मेडिकल ऑफिसर्स एसोसिएशन ने शनिवार को अस्पतालो में बाह्य रोगी विभाग ओपीडी बंद रखने का निर्णय लिया है जूडा के सचिव डॉ माधव हसानी ने आज बताया कि उनका एसोसिएशन और कुछ अन्य संगठन शनिवार को सुबह छह बजे से शाम छह बजे तक ओपीडी में काम बंद रखेंगे हालांकि आपातकालीन सेवाएं जारी रहेंगी उन्होंने कहा कि जूडा जायज मांगों को लेकर हड़ताल कर रहा है सरकार को इनका समाधान निकालना चाहिए

मिलबांचे मिलबांचे मध्यप्रदेश अभियान सात अगस्त से प्रदेशभर में शुरू किया जा रहा है इस अभियान के तहत भोपाल जिले के ग्यारह सौ से अधिक प्राथमिक और माध्यमिक शालाओं में मिलबांचे मध्यप्रदेश कार्यकम का आयोजन किया जायेगा भोपाल में इसके लिये ढाई हजार से ज्यादा पंजीयन हो चुके हैं जिले में भी कार्यक्रम की तैयारियां की जा रही है

मध्यप्रदेश रोजगार कौशल विकास और दूरिज्म बोर्ड द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है इस मेले में देश की प्रतिष्ठित कम्पनियां शामिल होंगी इसमें शामिल होने के लिये इच्छुक युवा एमपी रोजगार पॉर्टल पर अपना पंजीयन कर सकते हैं पथराव मुरैना जिले के सबलगढ़ से ग्वालियर की ओर जा रही नैरोगेज ट्रेन को टेकरी के जंगलों में नहीं रोके जाने पर उसमें सवार कुछ यात्रियों ने आज गाड़ी को जबरन रोककर उसके चालक और सह चालक पर जमकर पथराव कर दिया

घटना के कारण तनाव को देखते हुए चालक ने गाड़ी को सीधे बानमौर स्टेशन लाकर खड़ा कर दिया घटना की सूचना भिलने पर रेलवे सुरक्षा बल और बानमौर थाना पुलिस मौके पर पहुंची घायल चालक और सह चालक का इलाज नजदीकी स्वास्थ्य केन्द्र पर उपचार चल रहा है गहलोत सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गेहलोत आज तीन दिवसीय दौरे पर इन्दौर पहुंचे

यह कार्यकम उद्योग विकास प्राधिकरण द्वारा आयोजित किया जा रहा है उसके बाद श्री गहलोत अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी कर्मचारी संघ के प्रतिभा सम्मान समारोह में भी शामिल होंगे हड़ताल शिवपुरी जिले में मप्र लिपिक वर्ग कर्मचारियों की हड़ताल से कई विभागों का कामकाज प्रभावित हो रहा है

हड़ताल कर रहे कर्मचारियों ने आज भी प्रदर्शन किया और प्रशासन को अपनी मांगों के समर्थन में ज्ञापन दिया कर्मचारियों ने सोमवार से कलम बंद हड़ताल शुरु की है कर्मचारियों ने कहा कि इस बार हमारी लड़ाई आर पार की है और जब तक हमारी मांगों को नहीं माना जाता प्रदर्शन जारी रहेगा

स्वास्थ्य संचालक प्रशासन भोपाल भी इस दौरान मौजूद रहे गुरू पूर्णिमा देश के साथ ही प्रदेश में भी गुरू पूर्णिमा आज धूमधाम के साथ मनाई गई प्रदेश में भी इस अवसर पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया खण्डवा जिले के दादाधूनी आश्रम में आज करीबन दो लाख से अधिक श्रद्दालुओं ने समाधी पर माथा टेका शहर में जगह जगह भण्डारे का आयोजन किया गया था दतिया में राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधराराजे सिंधिया मां पिताम्बरा पीठ में आयोजित पूजा में शामिल हुई यहां उन्होंने डाकघर की शाखा का उद्घाटन भी किया हमारे आगरमालवा संवाददाता ने बताया है कि जिले के भैरवनाथ मंदिर में दर्शन करने के लिये श्रद्वालु राजस्थान और गुजरात से आये हैं वहीं सतना के मैहर में शारदाधाम में भक्तों ने माता का आशीर्वाद लिया विदिशा में इस अवसर पर शहर की एतिहासिक लोहांगी पहाड़ी पर मेला लगाया गया इन्दौर में भी इस दिन विशेष बच्चों का जन्मदिन मनाया गया शिवपूरी पन्ना सतना छतरपूर रायसेन नरसिंहपुर शाजापुर डिण्डौरी धार खण्डवा जिलों में भी गुरूपूर्णिमा हर्षोल्लास से मनाने के समाचार मिले हैं

नये मकान बनने तक इनमें रहने वालों को ट्रांजिट हाउस में रखा जायेगा ये मकान नगर निगम के हैं राजस्व विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने क्षतिग्रस्त मकानों का निरीक्षण कर जल्द कार्यवाही के निर्देश दिये

इसके बाद व्यवस्था होने पर अन्य परिवारों को भी शिफ्ट कर सभी मकान नये बनायें मौसम प्रदेश में वर्षा का दौर जारी है

छतरपुर में अभी तक पिछले साल की तुलना में अधिक वर्षा हो चुकी है भिण्ड में भारी बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है

इसके जरिए लोगों को वीवीपैट और ईवीएम की जानकारी दी जा रही है